केन्द्र सरकार ने आगामी दो वर्षो में स्कूली पाठ्यक्रमों में पन्द्रह से बीस फ़ीसदी कमी करने का किया फ़ैसला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई आरक्षण व्यवस्था इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र से देशभर में चालीस हजार कॉलेजों और नौ सौ विश्वविद्यालयों में लागू की जाएगी उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी साथियो केंद्र सरकार ने यह फैसला भी किया है कि शिक्षण संस्थानों में इस नए आरक्षण का लाभ इसी साल नए सेशन से मिलेगा

प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में पन्द्रह सौ बिस्तरों वाले सरदार वल्लभभाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा ताकि गरीब लोग निशुल्क चिकित्सा सुविधा हासिल कर सकें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत दो दिवसीय गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का कल प्रयागराज में उद्घाटन किया

सम्मेलन का आयोजन परमार्थ निकेतन हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ वाश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संगम एक चुंबक की भांति हैं कुम जो है वो एक आस्था का चुंबक है जो लोगों को खींच लाता है ना चाहते हुए भी लोगों को लगता है कि हम चलें हमें चलना है चलना है और आते हैं संगम में स्नान करते है और वापस चले जाते हैं मुझे लगता है कि ये जो एक जो संचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा आयोजन है और आकर्षण का केन्द्र बन गया है इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रयागराज में कुंभ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की इस अवसर पर राज्यपाल राम नाइक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल प्रयागराज में कुंभ मेले का दौरा किया हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति ने संगम में गंगा प्रजन किया और कुछ संतों और साध्यों से मुलाकात की उन्होंने अरल क्षेत्र स्थित परमार्थ निकेतन में विस्व स्रांति यज्ञ में भी भाग लिया उन्होंने कहा कि कृष एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था और विस्वास का विषय है इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाला गांधी के स्वच्छता संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुंभ का आयोजन किया जा रहा है मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्व है एक ट्वीट में श्री मोदी ने पार्टी की युवा मोर्चा टीम को विजय लक्ष्य दो हजार उन्नीस अभियान के लिए बघाई दी इस अभियान के तहत लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी जीत दिलाने के लिए युवा मोर्चा देशभर में युवाओं को बड़े पैमाने पर जागरूक करेगा केन्द्र सरकार ने इस वर्ष स्कूलों में पाठ्यक्रम दस से पन्द्रह प्रतिशत और अगले साल पन्द्रह से बीस प्रतिशत कम करने का फैसला किया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस निर्णय से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल सकेगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि प्रसारण के क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है वे कल नई दिल्ली में टरेस्ट्रीयल और सेटेलाइट प्रसारण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबेधित कर रहे थे श्री खरे ने कहा कि मंत्रालय प्रसारण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रहा है निर्वाचन आयोग ने दिल्ली पुलिस को दो हजार उन्नीस लोकसभा चुनाव तारीखों से संबंधित झूठी खबर फैलाने के मामले की जांच और कार्रवाई करने को कहा है आयोग ने अफवाह रोकने से संबंधित कानून के तहत अज्ञात व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाये रखने और उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के लिये प्रभावी व्यवस्था की जाये

हाईस्कूल की परीक्षाएं चौदह दिनों में अट्ठाईस फरवरी और इंटरमीडिएट परीक्षाएं सोलह दिनों में दो मार्च तक संचालित होंगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है श्री शाह को परसों स्वाइन फ्लू के इलाज के लिये नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था एक ट्वीट में पार्टी ने कहा कि श्री शाह की जांच करने के बाद चिकित्सकों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हो रहा है और वह जल्द स्वस्थ हो जाएंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज दो हजार उन्नीस के लिये चयनित हज यत्रियों के लिये जरूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य हज समिति के सचिव विनीत कुमार श्रीवास्तव ने लखनऊ में बताया है कि हज दो हजार उन्नीस के लिये चयनित सभी हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि के रूप में इक्यासी हज़ार रूपये आज से पांच फ़रवरी तक जमा करने होंगे हज यात्रियों को एक लाख बीस हज़ार रूपये की दूसरी किस्त बीस मार्च तक जमा करनी होगी हज समिति ने कहा है कि अन्य संबंधित जानकारी के लिये हज यात्री डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट हज कमेटी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर सम्पर्क कर सकते हैं केन्द्र सरकार देशभर में चार सौ साठ से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी हैदराबाद में पहले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री जुएल ओरांव ने कहा कि सरकार इन विद्यालयों पर लगभग पच्चीस हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही है ग्रामीण इलाकों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में महात्मा गांधी प्रसंस्करण ग्राम स्वरोज़गार योजना शुरू की गई है निदेशक उद्यान आरपी सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि लखनऊ जिले में पहले चरण के तहत यह योजना आठ ब्लाकों की एक एक न्याय पंचायत में चलाई जायेगी इस योजना के तहत इन न्याय पंचायतों में कूल दो सौ चालीस लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के साथ साथ गांवों से युवाओं के पलायन को रोकना है